कोरोना से मृत्यू दर घटकर हुई एक दशमलव नौ शून्य प्रतिशत

प्रदेश विधान मण्डल का संक्षिप्त मानसून सत्र कल राजधानी लखनऊ में शुरू हुआ सत्र के दौरान कोविड नाइन्टीन से संबंधित सभी सावधानियां बरती गई हैं कार्यवाही के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए सदस्यों ने मुख्य आगतुंक कक्ष और प्रेस गैलरी का भी इस्तेमाल किया सभी विधायकों और विधानपरिषद सदस्यों तथा कर्मचारियों का कोविड नाइन्टीन परीक्षण किया गया विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि कोरोना परीक्षण के बिना किसी को भी सदन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही संगठित सदन ने चार वर्तमान और कई अन्य दिवंगत सदस्यों को अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की शोक संदेश पढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्य श्रीमती कमल रानी वरुण चेतन चौहान वीरेन सिंह सिरोही और पारसनाथ यादव को श्रद्वांजलि दी

सदन में पूर्व सदस्य और मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे लालजी टंडन को भी श्रद्वासुमन अर्पित किए गए देश की रक्षा में अपने प्राण गवाने वाले वीर शहीदों को भी सदन में श्रद्वांजलि दी गई इसके अलावा कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाते हुए अपना बलिदान देने वाले चिकित्सक स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों पुलिस जवान कोरोना योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दी गई श्रद्वांजलि के बाद सदन स्थगित हो गया इस सत्र में कई बिल प्रस्तुत करने के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पहले अनुपूरक मांगों और प्रस्तुतिकरण और पालन किया जाएगा एमएस यादव आकाशवाणी समाचाए लखनऊ विधान परिषद में सदन के दो पूर्व सदस्यों श्रीमती सुनीता चौहान और रामकृष्ण द्विवेदी के निधन पर श्रद्दाजंलि अर्पित करते हए दो मिनट का मौन रखा गया इसके साथ ही लददाख के गलवान घाटी में शहीद हये जवानों देश व प्रदेश के अन्य शहीद योद्वाओं के साथ कोविड नाइन्टीन संक्रमण के कारण दिवंगत नागरिकों तथा कोरोना वारियर्स को भी श्रद्वाजंलि दी गई

शोक प्रस्तावों पर सदस्यों ने अपनी शोक संवेदनाये व्यक्त की तथा श्रद्दांजलि अर्पित की सदन में दो मिनट का मौन रखा बाद में सभापति रमेश यादव ने सदन की कार्यवाही आज पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बीस में गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला वहीं देश में सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है इंदौर ने यह पुरस्कार लगातार चौथी बार प्राप्त किया है शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये पुरस्कार प्रदान किए केन्द्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरूआत व्यापक पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी और देश का सबसे स्वच्छ राहर बनने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी

गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार भिला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बीस में प्रदेश द्वारा सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए जाने पर राज्य की जनता को बधाई दी है उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के शीर्ष बारह अवॉर्डो में से राज्य को दो अवॉर्ड मिले हैं प्रदेश की उन्नीस निकायों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है इसमें दो नगर निगमों वाराणसी एवं शाजहांपुर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य सत्रह निकाय लखनऊ फिरोजाबाद कन्नौज मेरठ कैट मथुरा कैंट आदि भी शामिल है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वच्छता अभियान के फलस्वरूप साफ सफाई के सम्बन्ध में देश में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता सुजित हुई है प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करा रही है दस लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की श्रेणी में भी प्रदेश के कई शहरों द्वारा अपनी रैकिंग में काफी सुधार किया गया है

देश में एक दिन में रिकार्ड नौ लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश प्रतिदिन दस लाख नमूनों की जांच की ओर अग्रसर है अब तक तीन करोड पच्चीस लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है देश में जांच सुविधाए बढाने और आसानी से जांच के लिए प्रभावी उपायों के कारण जांच की संख्या बढाने में मदद मिली है देश में अब तक करीब इक्कीस लाख कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं अधिक से अधिक जांच व्यापक निगरानी और प्रभावी जांच की नीति पर अमल के कारण यह संभव हुआ है कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढकर करीब चौहत्तर प्रतिशत हो गई है संक्रमण से मृत्यु का प्रतिशत घटकर एक दशमलव नौ शून्य पर आ गया है आपात ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने एक लाख पचास हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि के ऋण मंजूर किये हैं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एक लाख करोड़ रूपये से अधिक ऋण दिये जा चुके हैं कोविड नाइन्टीन महामारी और लॉकडाउन से हुई वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर सूक्ष्मलघु और मध्यम उद्यमों को यह ऋण दिये गये हैं इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने छिहत्तर हजार करोड़ रूपये से अधिक ऋण मंजूर किये गये हैं इनमें से छप्पन हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है प्रदेश के कृषि कृषि शिक्षा एवं अन्संधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की चौदह जून उन्नीस सौ नवासी को कृषि विश्वविद्यालयों के शोध शिक्षा एवं प्रसार कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से थिंक टैंक के रूप में की गयी थी परिषद द्वारा शोध निधि तथा रिवाल्विंग फण्ड के माध्यम से प्रदेश की कृषि एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय समस्याओं के निवारण हेतु प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य शोध संस्थानों के माध्यम से शोध कार्य कराये जाते रहे हैं परिषद द्वारा चार सौ चौंसठ परियोजनायें कार्यान्वित करायी गयी हैं जिनकों विमिन्न विभागों के माध्यम से किसानों तक पहुंचायी जाती है प्रदेश के बृन्देलखंड क्षेत्र के जल संसाधन के प्रबंधन की परियोजना के लिये कल लखनऊ में प्रदेश सरकार तथा जल संसाधन मंत्रालय इजरायल के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गये

बुन्देलखंड में जल प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधार किये जाने के लिये प्लान ऑफ ऑपरेशन के द्वारा इजरायल के सहयोगियों से इंडिया इजरायल ब्न्देलखंड वॉटर प्रोजेक्ट पर कार्य किया जायेगा इस परियोजना के अन्तर्गत बुन्देलखंड के पच्चीस गांवों को शामिल किया गया है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है रूड़की के सीबीआरआई मद्रास के आईआईटी और लारसन एण्ड ट्रब्रो के इंजीनियर मंदिर निर्माण स्थल पर मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं कई टवीट के माध्यम से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा है कि मंदिर निर्माण का कार्य छत्तीस से चालिस माह में पूरा होगा शिया चाँद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैय्यद सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि मुहर्रम का चाँद हो गया है इसलिये आज पहली मूहर्रम है और तीस अगस्त को शहादते इमाम हसैन होगा इस बीच मोहर्रम और गणेश चतुर्थी पर्व को देखते हुए लखनऊ में धारा एक सौ चौवालिस लगा दी गई है कोविड महामारी को रोकने के लिये प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने बताया कि इस दौरान किसी भी तरह के जुलूसों पर पाबंदी रहेगी और किसी भी प्रकार के पूजा पंडाल नहीं बनाये जायेंगे तथा चौक पर ताजिये नहीं रखे जायेंगे